आज गोरखप्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि रिक्षा बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की श्री कोविंद ने महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर प्ष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ससंद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के लोगों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी श्री तोमर ने बताया कि सत्र के दौरान बीस बैठके होंगी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद आनन्द शर्मा और मल्तिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीपीआई नेता डी राजा टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता बैठक में मौजूद थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा ऊपरी सदन की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने में आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुयी विपक्षी दलों की भी आज बैठक होने वाली है जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुयी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री मॉरिस ऑब्सफेल्ड ने कहा है कि चार वर्ष में भारत की वृद्वि उल्लेखनीय रही है उन्होंने मोदी सरकार के जीएसटी और दिवालिया संहिता जैसे मूल आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तहत भारत में वास्तव में कई मूल सुधार लागू किए गए हैं श्री ऑक्सफेल्ड ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से गैर बैंकिंग व्यवस्था का जोखिम बना हुआ है जिसे आमतौर पर शैडो बैंकिंग कहते हैं भारत में घाटे वाली बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े निगमित ऋण बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करते हैं लेकिन सरकार बैंकिंग व्यवस्था की बेहतर निगरानी कर रही हैं इसलिए ये कर्ज शैडो बैंकिंग में चले गए हैं कि्तीय दबाव से निपटने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है जो अच्छा संकेत है दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए नवंबर तक प्रत्यक्ष कर वसूली के स्थायी आंकड़ों के अनुसार कुल छह लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपये के कर जमा हुए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले पन्द्रह दशमलव सात प्रतिशत अधिक है वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में दताया गया कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में एक लाख तेईस हजार करोड़ रुपये की राशि रिफंड की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में लौटाई गई राशि से बीस दशमलव आठ प्रतिशत अधिक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने आज केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को मेज दिया है ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो रहे हैं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित खादी महोत्सव में खादी उत्पादों की बिक्री को अच्छी सफलता मिली इस दौरान लगभग बयासी लाख रूपये से अधिक के उत्पादों की बिक्री हुयी जो एक कीर्तिमान हैं प्रमुख सचिव खादी और ग्रामोद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि कानपुर के स्वराज आश्रम के खादी उत्पादों की सबसे ज्यादा ग्यारह लाख चौंसठ हजार रूपये की बिक्री हुयी प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का आज सवेरे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया बहत्तर वर्षीय ठक्कर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री ठक्कर सादगी और अपनत्व के लिए जाने जाते थे सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी श्री ठक्कर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है